आज कोलकाता में राष्ट्रीय सरक्षा गार्ड एनएसजी के नए परिसर के उद्घाटन अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारत दुनिया में शांति चाहता है और किसी पर हमला करने का उसका कोई इरादा नहीं है उन्होंने कहा कि अगर कोई इस शांतिपूर्ण माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा तो भारत उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है श्री शाह ने कहा कि दश ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है सर्जिकल स्ट्राइक और हवाई हमलों के बाद विश्व में आतंरिक सुरक्षा के मामले में भारत का नाम अमरीका और इस्राइल के बाद लिया जाने लगा है

श्री अमित शाह ने देश की सुरक्षा और आतंकवाद का मुकाबला करने में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को भूमिका की सराहना की उन्होंने आतंक संबंधो गतिविधियों के बदलते परिदृश्य के मद्देनजर बल की प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण और रणनीति में बदलाव लाने की भी वकालत की उन्होंने कहा कि सरकार अन्य कल्याणकारी उपायों के अलावा जवानों को एक सौ दिन का अवकाश देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि जवान अपने परिवारों के साथ समय बिता सकें

श्री योगी ने यह बात आज लखनऊ में औरंगाबाद के अमर शहीद चन्द्रशेखर आज़ाद स्मारक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में संचारी रोग नियंत्रण दस्तक अभियान और विशेष जेई टीकाकरण अभियान की शुरूआत करते हुए कही उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों के स्वास्थ्य केन्द्रों पर पिछली दो फरवरी से हर रविवार को मूख्यमंत्री आरोग्य मेलों का आयोजन किया जा रहा है इन मेलों के जरिये नागरिकों को स्वास्थ्य परीक्षण पैथोलॉजिकल जांच बच्चों की सेहत और टीकाकरण के बारे में जरूरी परामर्श उपलब्ध कराया जा रहा है इन मेलों में आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क गोल्डेन कार्ड बनाने की सुविधा भी दी जा रही है अभी तक लगाये गये आरोग्य मेलों में सत्रह लाख से ज्यादा मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाओं का फ़ायदा मिला है उन्होंने कहा कि संचारी रोगों में इलाज से ज्यादा बचाव का महत्व है इसी उददेश्य के तहत पहली से इकत्तीस मार्च तक संचारी रोग नियंत्रण दस्तक और विशेष जेई टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है श्री योगी ने कहा कि प्रदेश के पूर्वी जिलों में दिमागी बुख़ार सबसे ज्यादा नवजात शिशुओं और पन्द्रह साल तक के बच्चों को प्रभावित करता है पिछले साल संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियानों के संचालन से इंसेफलाइटिस की रोकथाम में काफी सफलता मिली है दिमागी बुखार के मरीजों की संख्या में जहां छप्पन प्रतिशत की कमी आयी है वहीं इससे होने वाली मौतों में नब्बे प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी है मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी आठ मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में बड़े पैमाने पर आरोग्य मेले का आयोजन किया जायेगा इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दिव्यांगों को सहायक उपकरण बांटे तथा अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद की प्रतिमा का अनावरण भी किया कार्यक्रम में चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह सहित कई मंत्री और जन प्रतिनिधि शामिल हुए

चवालीसवें लोक लेखा दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत को इन उपलब्धियों पर गर्व है क्योंकि बड़े सुधारों के तौर पर इनका जिक्र किया जा रहा है लोक लेखाकारों की सराहना करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि उन्होंने देश को सशक्त बनाने वाली प्रौद्योगिकी आधारित लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव किये हैं श्रीमती सीतारामन ने कहा कि लोक वित्त कारगर हो सकता है और सभी लोक लेखा अधिकारियों ने इसे साबित किया है

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि मंत्रालय देशभर क स्कूलों और कॉलेजों में अंतराष्ट्रीय महिला दिवस मनाएगा उन्होंने कहा कि आठ मार्च को मनाये जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अभियान की शुरुआत आज से हो गई है उन्होंने कहा कि यह अभियान साल भर जारी रहेगा

यह विषय संयुक्त राष्ट्र के पीढ़ी समानता अभियान के अनुरूप रखा गया है

विश्व समुदाय ने पेइचिंग में महिलाओ के अधिकारों का जो संकल्प लिया था उसके बाद से दुनिया भर में इस दिशा में काफो प्रगति हुई है

श्री मौर्य आज सुल्तानपुर जिले के कुतुबपुर में एक विद्यालय के नये भवन का उदघाटन करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि शिक्षा की दृष्टि से प्रदेश को मज़बूत करना सरकार के संकल्प का महत्वपूर्ण हिस्सा है इस दिशा में सरकार ने विभिन्न योजनाओं के संचालन सहित कई प्रभावी कदम उठाये हैं उन्होंने कहा कि मेधावी छात्रों के घर और विद्यालय तक पक्की सड़क बनायी जा रही है इसके अलावा बोर्ड परीक्षाओं की शूचिता बनाये रखने के लिए सख्त उपाय किये गये हैं

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस फेरबदल में विश्वजीत महापात्रा को विशेष जांच दल का पुलिस महानिदेशक बनाया गया है जबकि सुनील कुमार गुप्ता को अपर पुलिस महानिदेशक दूरसंचार के रूप में लखनऊ में तैनाती दी गयी है रवि जोज़फ को अपर पुलिस महानिदेशक जीएस ओ के पद पर लखनऊ स्थानान्तरित किया गया है ज्योति नारायण को पुलिस महानिरीक्षक की जिम्मेदारी दी गयी है पुलिस अधीक्षक स्तर के जिन अधिकारियों के तबादले किये गये हैं उनमें रामपुर के एसपी संतोष कुमार मिश्रा भी शामिल हैं उनकी जगह पर शगुन गौतम को रामपुर का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है संतोष मिश्रा को जनवरी में ही रामपुर भेजा गया था लेकिन उनके खिलाफ सपा नेता आजम खां पर दर्ज मुकदमों में पुलिस रिपोर्ट नहीं भेजे जाने की शिकायत थी इसके अलावा जिन अधिकारियों के तबादले किए गये हैं उनमें एन रवीन्द्र धर्मवीर विजय प्रकाश मनोज कुमार सोनकर और सूर्य कान्त त्रिपाठी शामिल हैं

इस तरह इस दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर पांच हो गयी हैं पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को दो दो लाख और घायलों को पचास पचास हजार रूपये आर्थिक मदद देने की घोषणा की है

इस नाव में क़रीब तीस लोग सवार थे जो ग़ाज़ीपुर ज़िले से मज़दूरी करके वापस आ रहे थे